भारत हज यात्रा की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश बना

वस्तु और सेवा कर जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष नवंबर के मुकाबले इस वर्ष नवंबर में राजस्व संग्रहण में छ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई इस वर्ष सितंबर और अक्तूबर महीने में यह वृद्धि नकारात्मक थी पिछले महीने जीएसटी से एक लाख तीन हजार चार सौ बान्नबे करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ और पिछले महीने रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है प्रदेश के पैंतीस जिलों में आज से सघन मिशन इंद्रधनुष चलाया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष दो हजार सत्रह में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को जानलेवा वीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश के नब्बे प्रतिशत बच्चों को टीकाकरण मुहैया कराना है

उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान खास जोर पहले टीकाकरण अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों टीकाकरण से बचने वाले परिवारों और दूरदराज के इलाकों के साथ ही वनवासी और शहरी कुपोषित बच्चों पर रहेगा सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार दो हजार तीस से पहले देश से एच आई वी एड्स को पूरी तरह समाप्त करने के हर संभव उपाय कर रही है कल नई दिल्ली में विश्व एड्स दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश को दो हजार पच्चीस तक टी बी मुक्त बनाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इस वर्ष पच्चीस नवम्बर तक देशभर के उन्नीस हजार छः सौ छियासठ अस्पताल शामिल हो चुके हैं इनमें निजी क्षेत्र के नौ हजार से अधिक अस्पताल शामिल हैं इस सूची में दो हजार आठ सौ छप्पन अस्पतालों के साथ गुजरात शीर्ष पर है कर्नाटक में दो हजार आठ सौ उन्वास और उत्तर प्रदेश में दो हजार तीन सौ बारह अस्पताल इस योजना में शामिल हुए हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कल अपना पचपनवां स्थापना दिवस मनाया कल ही के दिन उन्नीस सौ पैंसठ में इसकी स्थापना हई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट सन्देश में बीएसएफ के स्थापना दिवस पर समी बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी उन्होंने कहा कि यह बल हमारी सीमाओं की कर्मठता के साथ रक्षा कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और संकट की स्थिति के दौरान बीएसएफ कर्मियों ने नागरिकों की सेवा के लिए हमेशा कठिन परिश्रम किया है वहीं दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बीएसएफ के महानिदेशक विवेक कुमार जौहरी ने कहा कि सीमा के जरिए घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं हाल ही में हमने सीमा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए घूसपैठ की घटनाओं से निपटने और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय किये हैं कार्यक्रम में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को हर संभव सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किये गये हैं प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षो में राज्य में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार आया है उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प के लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्द है और इसके लिए हर संमव उपाय किए जा रहे हैं श्री ट्विवेदी कल कानपुर में चार दिवसीय अट्ठारहवें राष्ट्रीय गणित विज्ञान मेले का उद्घाटन कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्थितियों में काफी परिवर्तन हुआ है प्रदेश के एक लाख अट्ठावन हजार विद्यालयों में से इक्यानवे हजार विद्यालयों को अवस्थापना सुविघाओं से सुसज्जित किया जा चुका है भारत हज के लिए जाने वाले लोगों की यात्रा से संबंधित समूची प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अबास नकवी ने कल जेद्दाह में भारत और सऊदी अरब के बीच अगले साल हज यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के मौके पर यह बात कही श्री नकवी ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन ई वीजा हज मोबाइल ऐप ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा ई सामान प्री टैगिंग के जरिए भारत में ही मक्का और मदीना में आवास और परिवहन के संबंध में हज यात्रियों को सभी जानकारी देने का इंतजाम किया गया है द्विपक्षीय समझौते पर भारत की ओर से श्री नकवी ने और सऊदी अरब की ओर से हज और उमरा मामलों के मंत्री मोहम्मद सालेह बिन ताहेर बेंतेन ने हस्ताक्षर किए हज ग्रूप ऑर्गेनाइजर्स के नाम से एक पोर्टल भी विकसित किया गया है जिसमें हज यात्रा पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है प्रदेश सरकार ने मैनपुरी में जवाहर नवोदय विद्यालय की एक छात्रा की मौत की जांच में देरी होने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय का तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो को कड़े निर्देश दिए हैं कि ऐसे गम्भीर मामलों की जांच में यदि देरी या कोताही होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी जनपद के अधिकारियों को सड़कों और पुलों आदि के निर्माण कार्यों में ग्णवत्ता के सभी मानक पूरे करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सड़क निर्माण में सुरक्षा मानकों का भी पालन सुनिश्चित करने को कहा है वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री ने कल सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वाराणसी में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की क्ल संख्या पचास है जिनकी मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तेजी से पूरे करने के भी निर्देश दिए केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के सभी प्रयास कर रही है इस बीच प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एमएमटीसी तुर्की से ग्यारह हजार टन प्याज का आयात कर रहा है

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए एमएमटीसी को यह कदम उठाने को कहा है इसके अलावा इस महीने के मध्य में मिस्न से भी छह हजार नब्बे टन प्याज आ जायेगा

यह अभियान अगले वर्ष तीस जनवरी तक चलेगा दो माह तक चलने वाले इस अभियान के दौरान भाजपा के विभिन्न मोर्चो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आवंटित गांवों के सभी बूथों पर प्रवास करते हुए बूथ समितियों के साथ बैठक करेंगे और गांव के प्रत्येक घर तक केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचायेंगे इसके साथ ही वे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सम्पर्क करेंगे और लोगों से फीड बैक भी लेंगे अभियान का समापन तीस जनवरी को महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर होगा इस अभियान के प्रमारी गोविन्द नारायण शुक्ल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी को ग्राम्य स्वराज अभियान शुरू करने से पहले जिलों में कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये

सुल्तानपुर के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल सांसद मेनका गांधी ने विकास भवन में सीड बॉल विपणन केन्द्र और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित प्रेरणा जलपान केन्द्र का उद्घाटन किया

उन्होंने इसौली विधानसभा क्षेत्र में निराश्रितों को कम्बल और स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किये सांसद मेनका गांधी ने जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया है